प्रदेशभर में नववर्ष के स्वागत की तैयारियां जोरो पर बड़ी संख्या में पहुंचे है देशी विदेशी सैलानी

मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकार संरक्षण विधेयक आज राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा लोकसभा इसे पिछले वृहस्पतिवार को विपक्ष के वॉक आउट के बीच पारित कर चुकी है इस विधेयक में एक साथ तौन बार तलाक बोलकर तुरंत तलाक देने को गैर कानूनी करार देने और इसके लिए तीन साल की कैद का प्रावधान किया गया है विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद इस विधेयक को उच्च सदन में पेश करेंगे

मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने कहा है कि वह इस विधेयक को वर्तमान रूप में पारित नहीं होने देगी केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा है कि देश में अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कृषि से संबंधित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है आकाशवाणी के साथ विशेष भेंट में उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों के निर्यात पर जोर दिया जा रहा है

मंजूरी के बाद राजस्थान न्यायिक सेवा में भी राज्य की अन्य सेवाओं के लिए विद्यमान प्रावधानों के अनुरूप अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ मिल सकेगा

राज्य में कड़ाके की ठंड जारी हैं और मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों में जोधपुर अजमेर श्रीगंगानगर में पाला पड़ने की चेतावनी दी हैं नागौर पाली सिरोही श्रीगंगानगर सवाईमाधोपुर धौलपुर दौसा और उदयपुर में भी पाला पड़ने की संभावना है इसी तरह भरतपुर अलवर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ सीकर चूरू हनुमानगढ़ में शीतलहर का असर रहेगा प्रदेश में लोग एक पखवाड़े से भी अधिक समय से कड़ाके की सर्दी का सामना कर रहे हैं और इस दौरान सीकर के फतेहपुर में ज्यादात्तर न्यूनतम तापमान जमाव बिन्दू से नीचे ही दर्ज किया गया हैं

उदयपुर में सर्दी का प्रकोप जारी है तापमान में लगातार गिरावट के चलते शहर में बर्फ की चादर सा माहौल बना हुआ है डबोक में कपकपी और गलन से जनजीवन प्रभावित हो रहा है उधर राजसमंद में कड़ाके की सर्दी के बाद फसल खराबे को लेकर एक किसान द्वारा आत्महत्या का मामला सामने आया है जोधपुर में स्वाइन फ्लू से कल एक और मरीज की मौत हो गई और दस नए रोगियों में इसकी पुष्टी हुई है स्वाइन पलू से पिछले आठ दिन में आठ लोगों की मौत हो चुकी है इस बीच संभाग में स्वाइन फलू के बढ़ते असर के बाद कल जयपुर से चिकित्सकों की टीम जोधपुर पहुची चिकित्सकों की टीम ने डॉ एसएन मेडिकल कॉलेज में बैठक ली और इलाज के बार्र में दिशानिर्देश दिए

मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ एसएस राठौड़ ने बताया कि एमडीएम अस्पताल में स्वाइन पलू के मरीजो के उपचार के लिए स्वाइन पलू कंट्रोल रूम की व्यवस्था की गई है राज्य में नववर्ष के जश्न की तैयारियां की जा रही है लोग अपने अपने तरीके से नये साल का स्वागत करने में जुटे हुए है होटल शोपिंग मॉल्स और बाजारों में खास सजावट की गई है कई स्थानों पर नृत्य संगीत के रंगारंग कार्यक्रम होंगे वहीं विभिन्न संस्थानों और संगठनों की ओर से दूध पिलाकर नये साल का स्वागत किया जायेगा विभिन्न मंदिरों में भी भजन कीर्तन और प्रसादी वितरण के कार्यक्रम होंगे प्रदेश में नववर्ष के स्वागत के लिये बडी संख्या में देशी विदेशी सैलानी आये हए है जिससे पर्यटन स्थलों पर अच्छी रौनक बनी हई है और पर्यटन व्यवसाइयों में खास उत्साह नजर आ रहा है नये साल के जश्न को देखते हुए पुलिस शांति और व्यवस्था बनाये रखने के लिये असामाजिक तत्वों और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कड़ी नजर रखेगी सिरोही जिले के माउंटआबू में चल रहे शरद महोत्सव का आज रंगारंग सांस्कृतिक कार्यकमों के साथ समापन होगा

उदयपुर में पिछले दस दिनों से चल रहा लोक कला और शिल्प महोत्सव शिल्पग्राम कल संपन्न हुआ शिल्पग्राम में विभिन्न प्रांतो के कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई और देशभर के दस्तकारों द्वारा हाट बाजार लगाया गया राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की दसवीं और बारहवीं कक्षा का परीक्षा परिणाम आज जारी होगा शिक्षा राज्यमंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा साढे ग्यारह बजे जयपुर में ये परिणाम जारी करेंगे

अलवर भरतपुर मार्ग पर जालूकी के पास गौतस्करी के आरोप में ग्रामीणों ने एक व्यक्ति को पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया जिसका अलवर के अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है चित्तौड़गढ़ शहर की आवासीय कॉलोनी मीरा नगर में घूसे पेंथर को वनकर्मियों ने ट्रेकोलाइज कर पकड लिया

इधर जालोर के चीतलवाना तहसील के रणोदर गांव में भी वन विभाग की टीम पेंथर को ढूंढने में लगी हुई है

जालोर जिले के आहोर के किशनगढ गांव में कल ट्रांसफार्मर में शोर्ट सर्किट से कई घरों मे करंट दौडने से दो लोग झलस गये

भारत के लिए जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जड़ेजा ने तीन तीन विकेट लिए